उन्होंने वैज्ञानिकों को साथ बातचीत के दौरान इस अनुसंधान केंद्र की प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए सराहना की कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि हिमाचल प्रसिद्व पर्यटक गंतव्य है जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं इस अवसर पर लेडी गवर्नर रानी सोलंकी भी मौजूद रहीं मीडिया सिस्टम मीडिया सिस्टम को हाईटैक करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार कार्यालय में ई न्यूज पेपर प्रणाली आरंभ की गई है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रोहित सावल और आईटी प्रबंधक किशोर शर्मा ने इसे एक बेहतरीन पहल बताया और कहा कि इस प्रणाली से जहां जन संपर्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोजाना अखबारों की कटिंग करने के अनावश्यक कार्य से छुटकारा मिलेगा वहीं सरकारी की लाखों रूपये की वार्षिक बचत भी होगी

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने किसानों से किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए तूरंत अपनी फसलों का बीमा सुनिश्चित करवाने का आग्रह किया है

भूस्खलन कुल्लू जिला में मनाली के निकट बराण गांव के नाले में बादल फटने के कारण भूस्खलन से कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए अवरूद्व हो गया है इस घटना में बाढ़ के पानी से आए मलबे में कुछ वाहनों के दबे होने की भी सूचना है हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान का समाचार नहीं है

राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अवरूद्व होने से वाहनों को वैकल्पिक मार्ग कुल्लू मनाली वामतट से भेजा रहा है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली सौगातों से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

सोलंकी के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल छोटा पर महत्वपूर्ण प्रदेश अजीत समाचार के अनुसार प्रो सोलंकी ने हिमाचल के राज्यपाल पद की ली शपथ अनुराग ठाकुर लोकसभा के बने नए मुख्य सचेतक राकेश की लेंगे जगह आपका फैसला की सुर्खी है जबकि अमर उजाला और हिमाचल दस्तक का लगभग एक जैसा शीर्षक है अनुराग ठाकुर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बने जंजैहली एसडीएम कार्यालय विवाद पर पंजाब केसरी लिखता है हाईकोर्ट ने खारिज की पुर्नविचार याचिका वहीं अमर उजाला के मुताबिक पुर्नविचार याचिका खारिज थुनाग में ही रहेगा एसडीएम दफतर जबकि आपका फैसला ने लिखा है जंजैहली में नहीं खुलेगा एसडीएम कार्यालय हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इसी पत्र के अनुसार प्रदेश के शहरों की होगी रैंकिंग थी से सेवन स्टार तक दिए जाएंगे

प्रदेश में सेब और आलू की दुलाई के लिए बाहरी ट्रकों को वस्तु कर में छूट अमर उजाला की एक खबर है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खतरे की अनदेखी में लिखा है कि श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू होने के दो दिन के भीतर ही दो श्रद्वालुओं की मौत से व्यवस्था पर सवाल उठने के साथ ही लोगों की अनदेखी भी सामने आई है दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय में लिखता है कि विकास की मंजिलें कितनी गुनाहगार हो चुकी हैं इसका अर्थ हम एनजीटी के ताजा फैसले से ले सकते हैं शीर्षक है शिमला की इमारतें गुनाहगार हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय आपके मोबाइल पर राशन का बिल में लिखता है कि केंद्र सरकार के मिशन पेपरलैस में राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग का यह कदम काफी कारगर साबित होगा